तीन बजे के बाद आयोग जारी करेगा प्रत्याशियों की अंतिम सूची

मुख्य न्यायाधीश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एस के सेठ ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली राजभवन में हुए समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें शपथ दिलायी गौरतलब है कि श्री सेठ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश है

इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जायेगी हमारे विदिशा संवाददाता ने जानकारी दी है कि पूर्व वित्तमंत्री राघवजी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है उन्होंने शमशाबाद विधानसभा सीट से सपाक्स के प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा था

स्वीप अभियान शिवपुरी जिले में विधानसभा चुनाव के लिए स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाताओं को जागरूक करने का काम विभिन्न तरीकों से जारी है सामाजिक न्याय विभाग के कलापथक दल के कलाकार भी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं

दल ने कल भोपाल में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की थी

केन्द्रीय च्नाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने प्रदेश र्मे चुनावी तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया है श्री रावत के साथ निर्वाचन आयोग के उपायुक्त संदीप सक्सेना सुदीप जैन चंद्रभूषण कृमार और डायरेक्टर जनरल दिलीप शर्मा तथा धीरेन्द्र ओझा भी बैठक में शामिल थे बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री रावत ने मुख्य रूप से निर्वाचक नामावली और मतदान केन्द्रों में उपलब्ध मुलभुत सुविधाएं ईव्हीएम तथा व्हीव्हीपेट स्वीप अभियान तथा विभिन्न प्रशिक्षण निर्वाचन व्यय निगरानी आदर्श आचरण संहिता का क्रियान्वयन तथा पालन कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा प्रबंधों की जिलेवार समीक्षा की दल ने बैठक के पश्चात इंदौर जिले में बनाये जा रहे आदर्श मतदान केन्द्र के मॉडल का अवलोकन भी किया

मोदी फिटनेक उत्सव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा है कि प्रौद्योगिकी से लोगों के जीवन में परिवर्तन की दिशा में अपार संभावनाएं उपलब्ध हुई हैं सिंगापुर फिनटेक उत्सव यानि वित्तीय सुविधा से संबंधित प्रौद्योगिकी में अपने मुख्य भाषण में श्री मोदी ने ँकहा कि प्रौद्योगिकी आज की विकसित दुनिया में प्रतिस्पर्धा और शक्ति की पहचान बनी हई है श्री मोदी ने कहा कि उन्हे इस बात का गर्व है कि उन्हें शासनाध्यक्ष के तौर पर इस उत्सव को संबोधित करने का अवसर प्रदान किया गया है श्री मोदी ने कहा कि फिनटेक नवाचार और ज्ञान शक्ति में विश्वास और विश्व को बेहतर स्थान प्रदान करने वाला भरोसेमंद उत्सव है जीका वायरस प्रदेश के विभिन्न जिलों में जीका वायरस के रोकथाम के पर्याप्त ऐहतियाती उपाय किये गये हैं जिलों में चिकित्सकों के निर्देशन में सर्वेक्षण दलों का गठन किया गया है और प्रारंभिक लक्षणों वाले व्यक्तियों की जरूरी जाँचें की जा रही है जीका वायरस रोकथाम के लिए भोपाल विदिशा और सीहोर शहरों में विशेष उपाय किये गये हैं लोगों को मच्छरों से बचाव के उपाय करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है साथ ही जिला अस्पतालों में वायरस की जाँच के लिये लैब की सुविधा को और ज्यादा सुदृढ़ बनाया गया है बाल दिवस राष्ट्र आज प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके एक सौ उन्तीसवें जन्मदिन पर याद कर रहा है यह दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि दी पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी उन्हें पृष्पांजलि अर्पित की पंडित नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्वांजली अर्पित करने के लिए प्रदेश में भी विभिन्न आयोजन किये जा रहे हैं राजधानी भोपाल में भी आज बाल दिवस पर स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किये गये